मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कोरोना संकमण काल में बेरोजगारी की चुनौती से निपटने के लिए उठाये जा रहे है आवश्यक कदम देवघर के देवीपुर इलाके में शौचालय की टंकी में दम घुटने से छह लोगों की हुई मौत विश्व आदिवासी दिवस पर पूरे झारखंड में कई कार्यक्रम का किया गया आयोजन

हजारीबाग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अधीक्षक डॉ संजय कमार सिन्हा ने बताया कि रांची स्थित मेडिका लैब से इन लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली है

जबकि एक संकमित चौपारण दो बरही और दो अन्य हजारीबाग शहर के रहने वाले हैं इधर पाकुड़ जिले के सामुदायिक स्वास्थ केंद्र महेशपुर में दो स्वास्थ कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाये गये है दो स्वास्थ कर्मियो के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने पर सामुदायिक स्वास्थ केंद्र को सील कर दिया गया है

श्री सोरेन ने आज रांची में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया की घोषणा कर दी है लेकिन राज्य में कई संस्थाए और व्यवस्थाए अभी तक बंद पड़ी हैं उन्होंने कहा कि राज्य में आज बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए जो भी बेहतर होगा वह राज्य सरकार कर रही है और आगे भी करेगी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर समस्याओं से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है धनबाद में प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की कवायद शुरू हो गयी है इस संबंध में धनबाद के उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने जिले के सिविल सर्जन और अन्य अधिकारियों को आवश्यक तैयारी का निर्देश दिया है

बाजारों में विभिन्न प्रकार के मास्क की बिक्री भी हो रही है पिछले कुछ दिनों से बाजारों में तिरंगा मास्क भी धड़ल्ले से बेचे जाने की षिकायत मिलने पर रांची जिला प्रशासन ने ऐसे मास्क की बिक्री पर रोक लगा दिया है अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था अखिलेश सिन्हा ने तिरंगा मास्क की बिक्री पर रोक के निर्देश दिए हैं रोक के बावजूद बिक्री करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी रांची के अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था अखिलेश सिन्हा ने तिरंगा मास्क की बिक्री को लेकर जिले के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अंचल अधिकारी थाना प्रभारियों और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को इस पर रोक लगाने के निर्देश दिये हैं

राष्ट्रापति भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति भवन में स्वमतंत्रता सेनानियों के सम्मान में भोज का आयोजन किया जाता है इस बार यह आयोजन कोविड महामारी की वजह से नहीं किया गया है राष्ट्रपति ने राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों से कहा था कि वे अपने यहां स्वतंत्रता सेनानियों को शॉल और अंग वस्त्र पहनाकर उनकी ओर से सम्मानित करें ये शॉल और अंग वस्त्र राष्ट्रापति भवन की ओर से उपलब्ध कराए गए हैं

इस मौके पर देवघर जिले के स्वतंत्रता सेनानियों को वरीय अधिकारियों द्वारा उनके आवास पर जाकर अंग वस्त्र और पृष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया देवघर के अनुमंडल पदाधिकारी विशाल सागर द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रियनाथ पाण्डेय को सम्मानित और आभार प्रकट किया गया जबकि मध्पुर अनुमंडल पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद द्वारा स्वतंत्रता सेनानी कालीचरण तिवारी और माणिक राय को सम्मानित किया गया इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानी देवी प्रसाद सिन्हा को सारठ प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा उनके निवास स्थान पर पहँच कर सम्मानित किया गया अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर कांग्रेस नेताओं ने मोरहाबादी स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहीदों को नमन किया इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि आदिवासी परिवारों को सुविधाएं और उनका अधिकार दिलाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है

स्वच्छता के इस कार्य में स्वयंसेवी संस्थाओं और जागरूक लोगों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है

प्राप्त जानकारी के अनुसार देवीपुर गांव के मकान में शौचालय की टंकी का सेंटरिंग खोला जा रहा था तभी दम घूटने से छह लोग बेहोश हो गये घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहची पुलिस ने जेसीबी की मदद से टंकी को तोड़वाया और बेहोश समी लोगों को देवघर सदर अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सकों ने सभी को मृत घोषित कर दिया

मुख्यमंत्री आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के मोरहाबादी रिथित नीलाम्बर पीताम्बर पार्क में पौधरोपण कार्यक्रम के अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि प्रकृति और संस्कृति के बीच रहने वाला आदिवासी समाज प्रकृति के पुजारी हैं

इस मौके पर खूंटी के मुरह में आदिवासी झंडा फहराया गया जबकि रांची के बूंड् में आदिवासी छात्र संघ और विभिन्न आदिवासी संगठनों ने मोटरसाईकिल रैली के माध्यम से आदिवासी एकता का परिचय दिया उपराधानी दुमका में आज विश्व आदिवासी दिवस पर विभिन्न संगठनों द्वारा अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किये गये आदिवासी संगठनों ने सिदो कान्ह मुर्म और विभिन्न महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा आदिवासी अस्मिता की रक्षा का संकल्प लिया जिले में युवाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मोटरसाइकिल रैली निकाली गढ़वा के भंडरिया प्रखंड के कंजिया गांव में भी अखिल भारतीय ऑदिवासी महासभा की प्रखंड इकाई द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव को लेकर मास्क का वितरण किया गया

डीएसपी साइबर सुरक्षा संदीप सुमन ने बताया कि इमरी थाना क्षेत्र के जितकुंडी गाँव से तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है

डीएसपी ने बताया कि ये लोग बैंक अधिकारी बनकर भोले भाले लोगों के खाता से रुपये उड़ा लेते थे

गिरफ्तार नक्सलियों के विरूद्व कई आपराधिक मामले दर्ज है

इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश और वजपात की भी आशंका व्यक्त की गयी है